कार्यसूची के मुताबिक आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रहेगा इसके लिए कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने भाखड़ा बांध के विस्थापितों द्वारा जहां जहां जमीन पर कब्जे किए हैं उन्हें यथावत नियमित करने के लिए नीति बनाने और कांग्रेस के ही अनिरूद्व सिंह ने बंदरों द्वारा किसानों व बागवानों की फसलों को पहुंचाए गए नुकसान को लेकर कोई ठोस नीति बनाने संबंधी अपने संकल्प दिए हैं

महिला दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस मौके राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला में होगा जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मुख्य अतिथि होंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल समारोह की अध्यक्षता करेंगे महिला विकास प्रोत्साहन योजना के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे

प्रधानमंत्री प्रसारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राजस्थान के झुंझुनूं में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन का शुभारंभ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विस्तार पर बातचीत करेंगे उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों में ये कार्यक्रम लाईव दिखाने को दिशा निर्देश जारी किए हैं विभाग के निदेशक अमरदेव ने बताया कि ये कार्यक्रम लाइव दिखाने के लिए कोई भी छात्र किसी अन्य के घर नहीं भेजा जाएगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई

नियंत्रण कक्ष राज्यसभा चुनाव के संचालन से जुड़ी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए शिमला स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है राज्य निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता को प्रभावित करने सहित अन्य शिकायतें यहां दर्ज कराई जा सकती हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के वॉकआउट से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है दूसरे दिन विपक्ष का तबादलों पर वॉकआउट पंजाब केसरी का शीर्षक है प्रतिबंध के बाद भी तबादलों पर उखड़ा विपक्ष वॉकआउट दैनिक जागरण के शब्द हैं महिला थाना में पुरूष थानेदार की तैनाती और तबादलों पर कांग्रेस उग्र

हिमाचल दस्तक के अनुसार तबादलों पर कांग्रेस के तेवर तीखे दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है तबादलों पर हंगामा वॉकआउट दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है विपक्ष धमकाएगा तो चुप नहीं रहेगा सत्तापक्ष अजीत समाचार के शब्द हैं जो ज्यादा उछलते हैं वह वापिस नहीं आते हैं जबकि पंजाब केसरी ने वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखा है चीफ मिनिस्टर नहीं आरएसएस चला रहा सरकार हाईकोर्ट का चुनाव आयोग व सरकार को नोटिस जारी किए जाने संबंधी खबर पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है जयराम के दो मंत्रियों महेंद्र सिंह ठाकुर रामलाल मार्कंडेय की सदस्यता को चुनौती दैनिक जागरण के शब्द हैं महेंद्र व मार्कंडेय को हाईकोर्ट का नोटिस पंजाब केसरी लिखता है दोनों मंत्रियों पर चुनाव शपथ पत्र में कई जानकारियां छिपाने का आरोप अमर उजाला के मुताबिक दो मंत्रियों की सदस्यता की चुनौति पर सरकार को नोटिस प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हरियाणा से आएगी सस्ती चीनी दैनिक न्याय सेतु के अनुसार हरियाणा सरकार के उपकम के माध्यम से चीनी खरीदेगा हिमाचल हिमाचल दस्तक और पंजाब केसरी लिखता है कैबिनेट ने दी बजट को मंजूरी कल पेश होगा अमर उजाला का शीर्षक है हरियाणा से खरीदी जाएगी डिपुओं में बिकने वाली चीनी दैनिक भास्कर का कहना है कोटे की चीनी की खरीद हरियाणा से करेगी हिमाचल सरकार आपका फैसला की एक खबर है कम बर्फबारी ने तोड़ डाले पर्यटन कारोबार के पंख हिमाचली बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से बचाई दो बचियां शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है मुंबई में शिमला की प्रीति सूद की बहादुरी के हर ओर चर्चे अभिनेता जितेंद्र प्रकरण से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है पीड़िता बोली जितेंद्र ने की थी सिर्फ छेड़छाड़

इसी पत्र के अनुसार रेगुलर के बराबर होगी अब इक्डोल की डिग्री डिप्लोमा अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय कब समझेंगे लोग में बाल विवाह पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इसकी अनदेखी बड़े खतरे को आमंत्रण दे सकती है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय राजनीति शोर नहीं बजट सत्र में लिखा है कि हर नीति और हर नियम पर बहस होना अगर लोकतांत्रिक शगुन है तो इसे दरकिनार करना अहंकार ही माना जा सकता है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में शिक्षा में सुधार को लेकर निरीक्षण पर जोर देने की बात कही है शीर्षक है शिक्षा में गुणवत्ता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

नमस्कार